जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में आज से पोस्ट पेड मोबाइल फोन सेवाएं सामान्य रूप से करने लगेंगी काम उच्चतम न्यायालय एक सप्ताह के अवकाश के बाद आज से फिर अयोध्या भूमि विवाद मामले पर करेगा सुनवाई राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा वेतन पच्चीस अक्टूबर तक भुगतान के आदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम गरीबों के कल्याण पर केन्द्रित हैं किसान कल्याण की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अकेले महाराष्ट्र में लाखों किसानों के बैंक खातों में दो हजार करोड़ रुपये जमा किये गये हैं उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के विकास के लिए देशभर में चार सौ बासठ एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं महाराष्ट्र में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलगांव में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया इसके बाद उन्होंने भंडारा गॉदिया में भी चुनावी रैली की इससे पहले जलगांव में श्री मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाने का निर्णय अपरिहार्य था उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं

जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में यह जानकारी दी

कुछ दिन पहले पर्यटकों को घाटी में आने की छूट देने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य प्रशासन ने यह कदम उठाया है घाटी में स्कूल और कॉलेज पहले ही खुल चुके हैं तथा लैंडलाइन फोन सेवा पूरी तरह काम कर रही है श्रीनगर में कल साप्ताहिक रविवार बाजार लगा लाल चौक रोड पर कई रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकान लगाई बाजार में खरीदारों की काफी भीड़भाड़ रही भूस्खलन के कारण पिछले दो दिनों से बंद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल यातायात के लिए खोल दिया गया जांच के बाद हल्के वाहनों को राजमार्ग के दोनों ओर से आने जाने की इजाजत दी गई विश्व बैंक में दक्षिण एशिया के लिए मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा है कि हाल की वैश्विक मंदी से प्रमावित होने के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और उसमें व्यापक संभावनायें हैं वाशिंगटन में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर विश्व के अनेक देशों से बेहतर है श्री टिमर ने कहा कि विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में मंदी के लिए अस्सी प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि विश्व में व्याप्त अनिश्चितता के कारण हर जगह निवेशक अपना पैसा लगाने में हिचक रहे हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के सरकार के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बैंकों द्वारा ऋण वितरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तेल कंपनियों से आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए नीतियां विकसित करने और इस क्षेत्र में बदलाव का आह्वान किया है श्री प्रधान कल नई दिल्ली में इंटरनेशनल थिंक टैंक की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री प्रधान ने तेल उद्योग में बदलाव के लिए एनडीए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का उल्लेख किया उन्होंने गैस उत्खनन और वितरण का ढांचा विकसित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि तेल क्षेत्र भारत को दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है श्री प्रधान ने कहा कि उज्जवला और सौभाग्य जैसी योजनाएं लोगों के जीवन को बदल रही हैं उच्चतम न्यायालय एक सप्ताह के अवकाश के बाद आज से फिर अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सुनवाई छह अगस्त को शुरू की थी पीठ ने कहा है कि सत्रह अक्टूबर सुनवाई का अंतिम दिन होगा इस मामले पर निर्णय सत्रह नवंबर को आने की उम्मीद है इसी दिन प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दीपावली पर्व से पहले वेतन देने का आदेश जारी किया है अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल द्वारा सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि छब्बीस अक्टूबर को बैंक अवकाश तथा सत्ताईस अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण वेतन और पेंशन का भ्गतान पच्चीस अक्टूबर तक कर दिया जाये राज्य सरकार हर महीने की पहली तारीख को अपने कर्मचारियों को वेतन देती है लेकिन इस बार सत्ताईस अक्टूबर को दीपावली होने के कारण राज्य कर्मचारी दीपावली से पहले वेतन की मांग कर रहे थे परलोक में पुण्य पथ पर विचर रहे दिवंगत आत्माओं का मार्ग आलोकित रहे इसी ध्येय से दिव्य कार्तिक मास में गंगा तट सरोवरों कूपों बावडियों और घर की छतों तक आकाशदीप जलाने की प्रथा काशी में सदियों पुरानी है इसी परंपरा के तहत काशी के दशाश्वमेध घाट पर प्रति वर्ष अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस और पीएसी के वीर जवान जिनका अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हए निधन हो गया ऐसे वीर जवानों की आत्मिक शान्ति हेतु गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आकाशदीप जलाया गया शहीदों की याद में पीएसी के जवानों ने बैंड धुन से उन्हें श्रद्वांजलि भी अर्पित की एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से पूरे वाराणसी शहर में लोगों ने अपने घरों नदियों और तालाबों के किनारों पर और पेड़ों की ऊंचाई पर बड़ी लकड़ी की टोकरी में आकाशदीपों को टांगा है ताकि उनके पूर्वजों और फर्ज की राह में जान क्र्वान करने वाले पूलिस कर्मचारियों की आत्मा को शांति मिले

प्रदेश के पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी ने पहला दीप जलाया और उसके बाद सैकड़ों आकाशदीप तमाम घाटों की ऊंचाइयों पर जगमगा उठे स्थानीय लोगों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और पुलिस बैंड ने शहीदों को संगीतमय श्रद्वांजलि दी कार्तिक पूर्णिमा तक हर शाम काशी इसी तरह से अपने पूर्वजों और शहीदों को याद करती रहेगी प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है भाजपा के एक नेता की हत्या के बाद पंकज कुमार को पद से हटा दिया गया था गृह विभाग के अनुसार हत्या की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहे राज्य सरकार ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को भी काम में लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कल मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम से वाक एण्ड जॉग रन आयोजित की गई भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल एडीजी मेरठ जोन और जिलाधिकारी ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिट रहने के साथ स्वच्छता का संदेश देना है फिट इंडिया दौड़ में बड़ी संख्या में बुद्दिजीवी समाजसेवी संस्थाओं व्यापारियों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया

इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कन्नौज में वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर कई स्थानों पर रामायण का पाठ तथा गोष्ठियों का आयोजन किया गया भदोही के सीतामढ़ी स्थित वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि महोत्सव मनाया गया बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने वाल्मीकि सद्भावना मेले का शुभारम्भ किया मेले में केन्द्रीय मंत्री ने वाल्मीकि समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया लखनऊ कानपुर आगरा वाराणसी गोरखपुर अमरोहा सहित विभिन्न जनपदों में वाल्मीकि जयन्ती पर कार्यक्रम आयोजित हुए